नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए जनसंपर्क अभियान चलायेगी भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने सोलह जनवरी को परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस के माध्यम से विद्यार्थियों से करेंगे बातचीत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी घरे कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के ग्यारह सौ से ज्यादा शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं तथा गणमान्य लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में बयान जारी किया है इन लोगों में राज्यसभा सदस्य स्वप्नदास गुप्ता शिलांग आई आई एम के अध्यक्ष शिशिर बजोरिया नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आइनूल हसन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एण्ड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फैलो अभिजीत अय्यर मित्रा तथा पत्रकार कंचन गुप्ता शामिल है बयान में समाज के सभी वर्गो से साम्प्रदायिकता और अराजकता से जुड़ी अफवाहों के जाल में नहीं फंसने तथा संयम बरतने की अपील की गई है बयान जारी करने वालों ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अफगानिस्तान बंग्लादेश और पाकिस्तान में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गये अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करता है उन्होंने भूले बिसरे अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह का कानून लाने के लिए भारतीय संसद और सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसा करके भारतीय सम्यतागत मूल्यों को बनाए रखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून के बारे में विपक्षी दलों का झूठ उजागर करने और इस कानून के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए जनसम्पर्क अभियान चलाने की घोषणा की है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के बारे में पार्टी अगले दस दिन में तीन करोड़ से अधिक परिवारों से सम्पर्क करेगी उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्येक जिले में रैली और देश भर में ढाई सौ से अधिक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करेगी श्री यादव ने कहा कि इस कानून के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार का पार्टी जवाब देगी आज देश के ग्यारह सौ एक शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए हैं उसका समर्थन किया है हमारा मानना है कि हम विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है इसका जवाब देंगे उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जनता के बीच भ्रम फैलाने और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भाजपा अगले दस दिनों में विशेष अभियान चलाकर नागरिकता संशोधन कानून के सम्बंध में तीन करोड़ से ज्यादा परिवारो से सम्पर्क कर सही जानकारी देगी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक का हित प्रभावित नहीं होगा उन्होंने लोगों से अपील की कि ये नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में किए जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और अफवाहों पर ध्यान न दें उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया प्रदेश पुलिस राज्य में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों की सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान कर रही है प्रदेश के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह और हिंसा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले उपद्रवी तत्वों की सम्पत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है उधर राज्य के पलिस महानिदेशक ओपीसिंह ने कहा कि जांच के दौरान किसी भी बेगनाह को तंग नहीं किया जाएगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सोलह जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस संस्करण में विद्यार्थी समूह से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का डीडी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जायेगा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कल लखनऊ में बताया कि परीक्षा पर चर्चा के लिये प्रतिभागियों के चयन हेतु वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट माई जी ओ वी डॉट इन पर आयोजित प्रतियोगिता में तेईस दिसम्बर दो हजार उन्नीस तक प्रतिभाग किया जा सकता है प्रतियोगिता में सफल छात्रों द्वारा सोलह जनवरी को प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी तीन वर्षो के दौरान बुन्देलखंड देश में विकास का एक नया मॉडल बनेगा श्री योगी लखनऊ में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोग देने वाले किसानों को सम्मानित करने के बाद विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे बुन्देलखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा श्री योगी ने कहा कि पन्द्रह हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेस वे बुन्देलखंड की तकदीर बदल देगा उन्होंने कहा कि निर्माणकर्ता एक्सप्रेस वे बनाने में समय अवधि और मानक के अनुसार गुणवत्ता को बनाये रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश के लिये घोषित डिफॅस मैन्यूफँक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना इसी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ की जा रही है इसके लिये छह नोड्स को चिन्हित किया गया है जिनमें दो नोड्स इस क्षेत्र के चित्रकूट और झांसी हैं श्री योगी ने कहा कि एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरीडोर बनने के बाद इलाके के युवाओं को रोज़गार हासिल होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण तथा युवाओं के रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है मंत्रालय का लक्ष्य सम्मान के साथ विकास है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवकों को विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार से संबंधित कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए गए इनमें गरीब नवाज रोजगार योजना और सीखो और कमाओ योजना शामिल है प्रदेश सरकार ने देवरिया ज़िले में राप्ती नदी के मोहरा घाट और खनुआ नाला स्थित सरयां घाट पर एक एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित किया है लखनऊ में यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इन सार्वजनिक नौघाटों को बनाने की मांग काफी दिनों से स्थानीय नागरिक कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन नौघाटों की स्थापना से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में खासी सुविधा हो जायेगी सरकार ने अगले पांच वर्ष में देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फैसला किया है हुनर हाट का उद्देश्य दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आगामी दिनों में नई दिल्ली बेंग्लूर चेन्नई लखनऊ कोलकाता देहरादून पटना इंदौर और अन्य स्थानों पर हनर हाट आयोजित किए जाएगे देश के विभिन्न भागों में एक सौ हुनर केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है जिनमें दस्तकारों शिल्यकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पिछले दो वर्ष में हुनर हाट के जरिए दो लाख पैंसठ हजार से अधिक दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं पहला हुनर हाट इस वर्ष अगस्त सितम्बर में जयपूर में आयोजित किया गया था इसके बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक हुनर हाट आयोजित किए गए पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है गोरखप्र महराजगंज अयोध्या बस्ती सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आज सुवह से घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के कारण प्रदेश में सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार ठंड के कम होने के अभी कोई आसार नहीं है उधर बस्ती जनपद में ठंड और गलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों समेत सभी रिक्षण संस्थानों में चौबीस दिसम्बर तक अवकाश घोषित किया है